जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मुख्यमंत्री को कोरोना टीके की पहली डोज दी गई बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए

उन्होंने लोगों से बिना किसी शंका के वैक्सीन लगावाने की अपील की

उन्हें पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में पहली डोज दी गई बाद में एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने देश के सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि भारत में निर्मित टीके सुरक्षित हैं और टीकाकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है

पहले दिन पेयजल विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हुई नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आबकारी विभाग की अनुदान मांगों पर सरकार को घेरा

नई इकाइयों में बच्चों के लिए सभी जटिल बीमारियों और आपात स्थितियों के इलाज की सुविधा मुहैया करवाई गई है

देश के उद्योगपतियों और व्यापारियों को आज वेबिनार के जरिये संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उत्पाद यूजर फ्रेंडली और किफायती होने चाहिए जिससे इनकी मांग और बढ़ सके

कंपनी के इस फैसले से स्थानीय पर्यटन व्यवसासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है कोरोनाकाल के बाद रूकी पड़ी पर्यटन गतिविधियां एक बार फिर लौट आई है विमान सेवा सुचारू होने पर्यटन उद्योग और बढ़ने की उम्मीद है

माउंट आबू में न्यूनतम तापमान सात डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया